और कांग्रेस ने कहा महागठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था

स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं साथ ही मुख्यालय ने नक्सली हमले की आशंका के मद्देनजर आठ रेल रूट को अति संवेदनशील घोषित किया है इनमें किऊल जसीडीह किऊल जमालपुर भागलपुर बांका पटना गया गया मुगलसराय गया कोडरमा हाजीपुर मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेल रूट शामिल हैं इन सभी रूट पर सुरक्षा बढ़ा दी गयी है भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित एनटीपीसी के थर्मल पावर स्टेशन की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है सोशल मीडिया का द्रूपयोग करने वालों का नाम प्रलिस के गुंडा रजिस्टर में दर्ज होगा पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने इस संबंध में सभी थानों को निर्देश दिया है त्यौहारों के मौसम को देखते हुए पुलिस मुख्यालय सोशल मीडिया का दुरूपयोग करने वालों पर कड़ी नजर रख रहा है थाना स्तर पर विशेष खुफिया तंत्र तैनात किये गये हैं वहीं पुलिस महानिदेशक स्तर से भी सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी पहल भारत के शहरी परिदृश्य के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष मार्च में प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में स्मार्ट सिटी मिशन और अरबन मिशन की बात कही थी उन्होंने बताया था कि ये मिशन बड़े शहरों और छोटे कस्बों में सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शुरू किए गए थे

कामगारों को जीवन जीने योग्य बनाने के लिए बड़ा अभियान उठाया है उसी प्रकार से दुनिया की बराबरी कर सके ऐसा देश भी तो होना चाहिए देश में दुनिया की बराबरी कर सके ऐसे स्मार्ट सिटी होने चाहिए और दूसरी तरफ देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए अपना घर होना चाहिए और घर भी वो जिसमें बिजली हो पानी हो शौचालय हो नजदीक में पढ़ने के लिए स्कूल का प्रबंध हो हम देशवासियों को घर देना चाहते हैं

शहरी परिदृश्य को बदलने के लिए कई पहल शुरू की गई हैं जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना स्मार्ट सिटी मिशन और शहरी परिवर्तन एएमआरयूटी जैसी कई परियोजनाएं शामिल हैं

इन घरों में शौचालय बिजली और रसोई गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी

केंद्र सरकार ने बिहार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत चार सौ सत्रह करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि ये राशि सामग्री मद में जारी की गयी है श्री कुमार ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सोलह करोड़ मानव दिवस का श्रम बजट स्वीकृत है राज्य में अबतक लक्ष्य के अनुरूप पांच करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं प्रदेश के शहरों का अब हर महीने स्वच्छता रिपोर्ट कार्ड जारी होगा रिपोर्ट कार्ड आठ मानकों पर आधारित होगा इसमें कूड़ा उठाव उसका प्रसंस्करण शौचालय निर्माण और ठोस कूड़ा निस्तारण जैसे मानक शामिल हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी नगर निकायों को आदेश जारी कर संबंधित रिपोर्ट भेजने को कहा है प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचन्द्र मिश्र ने कहा है कि महागठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और कोई भी गठबंधन स्थायी नहीं होता आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री मिश्र ने कहा कि जरूरी नहीं है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चूनाव में भी लोकसभा चूनाव की तरह महागठबंधन के तहत कांग्रेस मैदान में उतरे उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो समान विचारधारा वाली पार्टियां एकबार फिर नये गठबंधन को आकार दे सकती हैं हालांकि श्री मिश्र ने स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर फैसला पार्टी आलाकमान से बात करने के बाद ही किया जायेगा इससे पूर्व हिन्दूस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चूनाव अपने दम पर लड़ेगी

ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन प्रक्रिया से चन्द्रयान प्रथ्वी केन्द्रित कक्ष से बाहर चला जायेगा और सवेरे साढ़े तीन बजे के करीब यह सीधे चन्द्रमा की ओर बढ़ जायेगा चन्द्रयान की अड़तालीस दिन की यात्रा में यह बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है

जिसके बाद इसने पृथ्वी के चक्कर लगाने शुरू कर दिये थे इस महीने की छह तारीख तक पांच प्रयासों में इसकी पृथ्वी से दूरी तेजी से बढ़ी अब इसरो के वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को इस तरह चालू किया है जिससे ये चन्द्रमा के ऑर्बिट में इस महीने की बीस तारीख तक पहुंच जायेगा सात सितंबर को चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसके उतरने की उम्मीद है भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बनेगा चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेन्द्र कौशिक डिस्कवरी चैनल पर मैन वर्सस वाइल्ड श्रृंखला के सर्वाइवल टेलीविजन धारावाहिक के तहत कल प्रसारित हुए विशेष कार्यक्रम का आज दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर रात नौ बजे से प्रसारण किया जायेगा इस विशेष अंक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था इस कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले बताया था कि इससे पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संचालन समय में परिवर्तन किया है अब ये बैंक सुबह नौ बजे खुल जायेंगे अभी बैंकों के खुलने का समय सुबह दस बजे निर्धारित है मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नया समय सितम्बर महीने से प्रभावी होगा मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड स्थित छाजनसंग्राम गांव की शेफालिका को न्यूजीलैंड सरकार में वित्त मंत्रालय में विश्लेषक बनाया गया है उनका चयन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रक्रिया के बाद हुआ है शेफालिका लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव एक से पन्द्रह दिसम्बर के बीच होगा पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी राधामोहन सिंह ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इन चुनावों के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए तारीख तय की जायेगी मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत दामोदरपुर गांव में कल दो गूटों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद प्रशासन ने कांटी और करजा थाना क्षेत्र अंतर्गत दामोदरपुर चकमुरमुर सोनवर्षा फरदो पुल बारमतपुर शाहपुर चिकनौटा पानापुर खुर्द शाहपुर और शुभंकरपुर में धारा एक सौ चौवालीस लगा दिया है पन्द्रह अगस्त की संध्या छह बजे तक इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगा भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर ममलखा गांव से एसटीएफ की टीम ने पचास हजार रूपये के इनामी अपराधी टैरा मंडल को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी पर भागलपुर और खगड़िया जिले के अलग अलग थानों में पन्द्रह से अधिक मामले दर्ज हैं रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अमियावर गांव स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से रूपये लूटकर भाग रहे तीन अपराधियों को पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है

और कांग्रेस ने कहा महागठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था